प्रमुख राजनैतिक दल कांग्रेस और भाजपा सहित अन्य दल आमसभाए और पत्रकार वार्ताए कर रहे है इसी कडी में आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने जोधपूर में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि भाजपा के नेता इन चुनावों के दौरान जुमलेबाजी के अलावा कुछ नहीं कर रहे है उन्होंने कहा कि वर्तमान में मुख्य मुद्दा रोजगार का है जिस पर कोई बात नहीं की जा रही है

इस बीच लोकसभा के छठे चरण के लिए नामांकन पत्रों की जांच आज होगी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में एक और तीन मई को आमसभा को सम्बोधित करेंगे भाजपा के लोकसभा चुनाव प्रदेश संयोजक ओंकार सिंह लखावत ने यह जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री एक मई को जयपुर में आमसभा को सम्बोधित करेंगे जबकि तीन मई को वह हिण्डौनसिटी में और बाद में बीकानेर में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में आमसभाओं को सम्बोधित करेंगे

कांग्रेस के एक शिष्टमंडल ने निर्वाचन आयोग से मुलाकात कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह पर चुनाव प्रचार के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है नई दिल्ली में कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने कल गुजरात में वोट डालने के बाद रोड शो कर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है श्री सिंघवी ने यह भी आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल के कृष्णा नगर में चुनाव प्रचार के दौरान अमित शाह ने अपने भाषण में सशस्त्र सेना का आह्वान करते हुए निर्वाचन आयोग के दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया सवाईमाधोपुर में सतरंगी सप्ताह के तहत आज मानव श्रृंखला बनाकर अधिक से अधिक मतदान का संकल्प दिलाया गया शहर के विभिन्न मार्गो से होकर बनाई गई इस मानव श्रंखला में स्कूल के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया

इस अवसर पर सयाना काका और सयानी बुआ ने शत प्रतिशत मतदान की अपील की इस अवसर पर महिलाओं ने पीले परिधान पहन रखे थे हनुमानगढ़ जिले में स्वीप गतिविधियों की कड़ी में आज साइकिल रैली निकाली गई

इस नारे की तख्ती जिला निर्वाचन अधिकारी की साइकिल पर लगी हुई थी गौरतलब है कि इस बार मतदाता पर्चियों के जरिए कोई भी मतदाता वोट नहीं डाल पाएगा

वही भादरा उपखण्ड मुख्यालय में स्वीप गतिविधियों के तहत सभी ग्राम पंचायतों पर साइकिल रैली और उपखण्ड मुख्यालय पर विशेष योग्यजन मतदाताओं की विभिन्न प्रतियोगिताएं रंगोली मेहंदी वाद विवाद चित्रकला और ट्राई साइकिल रैली का आयोजन किया गया उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थानो स ेशिक्षा प्रणाली में लगातार सुधार और उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है कल चेन्नई में स्नातकों को संबोधित करते हुए श्री नायड् ने वैज्ञानिक अभिरूचि विकसित करने के लिए उच्च शिक्षा पर बल दिया उन्होंने शिक्षकों को नवीनतम जानकारियों से अवगत रहने को कहा अबुधाबी में आज से शुरू हो रहे वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में भारत को सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय राजदूत नवदीप सिंह सूरी ने कहा कि भारत को यह विशेष सम्मान दोनों देशों के राजनीतिक नेतृत्व और लोगों के बीच मजबूत सम्बन्धों का परिचायक है उन्होंने बताया कि पुस्तक मेले में तीस भारतीय प्रकाशन भाग ले रहे हैं प्रदेश में इंदिरा गांधी मुख्य नहर की मरम्मत और निर्माण कार्य को लेकर ली गई एक माह की बंदी समाप्त हो गई है हमारे हनुमानगढ संवाददाता ने बताया कि नहर से कल पानी छोडा जाएगा

प्रदेश में अलग अलग हादसों में चार लोगो की मृत्यु हो गई है और सात लोग घायल हो गये है

घायलों में से एक की हालत गंभीर है घायलों को बीकानेर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है उधर बूंदी में चलती वेन में भीषण आग लग जाने से वेन में सवार युवक बूरी तरह से झुलस गया है यह हादसा नैनवा रोड पर हुआ जबकि सीकर के कुर्बडा के पास कल देर रात पटरी पर लेटे दो युवकों की रेलगाडी से कटने से मृत्यु हो गई

पूरा प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में है